मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कृषक उत्पाद व्यापार व वाणिज्य विधेयक को किसानों के हित में बताया प्रदेश सरकार राज्य में शीतकालीन खेलों को देगी बढ़ावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का राज्य सरकार पर बेरोजगारी को कम करने में नाकाम रहने का आरोप पीएम फिट इंडिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आहवान किया है प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान ये बात कही इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकोल की भी शुरूआत की नरेन्द्र मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली अभिनेता मिलिंद सोमन फुटबॉल खिलाड़ी अफशान आशिक और अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ बातचीत की

शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि इस विधेयक से किसानों को न केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर विपणन सुविधाएं मिलेगी बल्कि केंद्र सरकार के किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने में भी सहायता मिलेगी जयराम ठाकुर ने कहा कि एपीएमसी व मार्केटिंग बोर्ड पहले की तरह काम करते रहेंगे उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी नामी कंपनियां किसानों से उनके खेतों से ही उत्पाद खरीदने को प्रोत्साहित करेंगी जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर इस पूरे मामले में लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े लोगों के बीच सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम का प्रसारण सभी जिला मुख्यालयों में वीडियो स्क्रीन के माध्यम से किया जाएगा शांता कुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बॉलीवुड में यौन शोषण मामलों की विशेष जांच करने व इसके लिए जल्द एक कठोर कानून बनाने का आग्रह किया है गृह मंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कंगना रणौत को सरकारी सुरक्षा देने व सुशांत सिंह राजपूत आत्म हत्या के मामले की सीबीआई जांच करवाने के लिए भी धन्यवाद किया है शांता कुमार ने बॉलीवुड में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं रहा है बल्कि यह शिक्षा और संस्कार देने का भी प्रभावशाली माध्यम बन गया है राजिन्द्र गर्ग खाद्य आप्रर्ति मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने मुद्रण व लेखन के कार्य को सतर्कता और गुणवत्ता के साथ करने पर बल दिया है शिमला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार विभिन्न विभागों विश्वविद्यालयों और बोर्डो की स्टेशनरी की आवश्यकताओं की आपूर्ति समय पर करने के निर्देश दिए राजिन्द्र गर्ग ने कहा कि प्रिंटिंग में नई तकनीक को बढ़ावा देकर कर्मचारियों को इनका प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को पंचायती राज चुनावों संबंधी कार्यों की तैयारी के भी निर्देश दिए सैजल जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद के लिए योगेश कुमार को सर्वसम्मति से चुना गया है स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल की उपस्थिति में हुए इन चुनावों में यशपाल ठाकुर को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया इस मौके पर सैजल ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में ये बैंक नई उंचाईयों को छुएगा

मनाली में आज जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में शीतकालीन खेलों से जुड़ी स्कीईग पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों की सम्भावना है जिन्हें जल्द मूर्त रूप दिया जाएगा उन्होंने कहा कि इन खेलों से युवा शक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और ऐसे आयोजनों से प्रदेश में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी जयराम ठाकुर ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लीक से हटकर कार्य करने की जरूरत है ताकि पर्यटकों को प्रदेश में ज्यादा समय व्यतीत करने के लिए आकर्षित किया जा सके राजीव शुक्ला प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने राज्य सरकार पर बेरोजगारी को कम करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है

शुक्ला ने पार्टी कार्यकताओं से एकजुटता से कार्य करने का आहवान किया उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी संसद में पारित कृषि बिलों को उन्होंने संसद की गरिमा का पूरी तरह से हनन बताया इससे पूर्व सोलन पहुंचने पर पार्टी कार्यकताओं ने राजीव शुक्ला का भव्य स्वागत किया बाद में शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में एक बैठक में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का भी आहवान किया धरना शिमला जिला शहरी कांग्रेस इकाई ने शिमला के रिपन अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित महिला की आत्म हत्या के विरोध में अस्पताल के बाहर आज धरना प्रदर्शन किया शहरी कांग्रेस अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए महिला के आश्रितों को उचित मुआवजे की मांग की उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना ने सरकार के साथ प्रशासन व अस्पताल की पूरी अव्यवस्था की पोल खोल दी है

कार्यकारी उपायुक्त अश्विनी कुमार ने बताया कि इस दौरान नारा लेखन निबंध व महात्मा गांधी के जीवन से संबधित ऑनलाईन प्रश्नोतरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी उधर मण्डी जिले में भी इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे